केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल को केंद्र की ओर से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिलाने का होगा प्रयास प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दस्तकारों को अनुदान पर औजार खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना होगी शुरू श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित प्रधानमंत्री भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें लोकसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए बधाई दी उन्होंने दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए भी प्रधानमंत्री को मुंबारकबाद दी इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल के विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से विचार विमर्श किया और सितम्बर माह में धर्मशाला में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में उन्हें जानकारी दी जयराम ठाकुर के आग्रह पर प्रधानमंत्री ने इस आयोजन के शुभारंभ के लिए हिमाचल आने का आश्वासन दिया बैठक इधर सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के साथ एक बैठक की इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों की देखरेख करने सहित नवम्बर माह तक रोहतांग सुरंग का कार्य पूरा करने का आग्रह किया जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश में सीमा सड़कों के ररखरखाव का बजट बढ़ाने संबंधी मामले को केंद्रीय सड़क व भूतल परिवहन मंत्रालय से उठाया जाएगा

इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने जोरदार स्वागत किया ऊना में एक जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना रोजगार के अवसर सुजित करने के अलावा व्यापार को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहेगी

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित विधायकगण भी मौजूद रहे

उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने आज परागपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक वितरित करने के बाद एक समारोह में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है विक्रम ठाकुर ने कहा कि निवेशकों की अपेक्षा के अनुसार एक नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी

यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननावा में जनसमस्याएं सुनने के बाद दी उन्होंने बताया कि इन सम्पूर्ण अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा इसके अलावा सम्पूर्ण अस्पतालों को रैफर किए गए मामलों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके विपिन परमार ने कहा कि हिम केयर योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया बीस जून तक चलेगी और पात्र व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा कर मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए प्रतिबद्द है और अब तक विकास की गति से पिछड़े हुए इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा की अध्यक्षता में जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से आए प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्व है और किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने में हर संभव सहायता करेगी प्रतिनिधिमंडल ने टिक्कर उपतहसील को तहसील का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार विद्यालय स्तर पर छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है जिसके लिए विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय में माइक्रोस्कोप तकनीक पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर दी उन्होंने कहा कि विज्ञान की विभिन्न विधाओं के विकास में माईकोस्कोप का विशेष योगदान रहा है शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन वैज्ञानिकों के साथ साथ छात्रों के लिए भी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाया है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आज केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है जैनब चंदेल ने कहा कि छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं से प्रदेश शर्मसार हो रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला व आसपास के इलाकों में पेयजल किल्लत पर चिंता जताते हुए सरकार से इस संदर्भ में तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की है शहीदी दिवस सिखों के पांचवे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए गुरु सिंघ सभा शिमला द्वारा शबद कीर्तन का आयोजन किया गया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर गुरुद्वारे में शीश नवाया और श्री गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाओं का स्मरण किया उधर नाहन स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दशमेश अस्थान साहिब में अखंड पाठ और शबद कीर्तन से संगतों को निहाल किया गया उधर कुल्लू जिला के भुंतर में प्रेस क्लब और कारसेवा के संयुक्त के तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया

प्रतिनिधिमंडल किन्नौर जिला के निचार उपमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन जानी रामनी संपर्क सड़क के निर्माण को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रिकांगपिओ में तहसीलदार संजीव कुमार के माध्यम से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गुमान सिंह नेगी की अध्यक्षता में गांव के प्रतिनिधिमंडल ने इस सड़क को डीपीआर के मुताबिक बनाने का आग्रह किया ताकि लोगों को लाभ हो सके